राज्य में कल देर शाम तेज आंधी और बारिश से कई स्थानों पर नुकसान की खबर सीकर में मालगाड़ी के कंटेनर पलटे

इनमें कई जिलों में विभिन्न छूट दी जाएगी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा मंत्रालय ने लॉकडाउन की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की जिसमें माना गया कि लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार और फायदा हुआ है

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि काफी समय से घर से दूर रहने की पीड़ा झेल रहे इन श्रमिकों और प्रवासियों की समस्या दूर करने के लिए व्यावहारिक मार्ग अपनाना होगा उन्होंने प्रवासियों और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया है

इस बीच श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि गूजरात मध्यप्रदेश और असम से अब तक पांच हजार श्रमिकों को प्रदेश लाकर उन्हें गंतव्य स्थानों तक पहंचाया जा चुका है बाकि राज्यों से श्रमिकों को लाने के लिए सहमति बन चुकी है इधर प्रदेश में सरकार द्वारा बनाये गये शेल्टर होम में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने का काम लगातार जारी है

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल की ओर से भी एडवाइजरी में लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों से कार्मिकों और श्रमिकों को बिना कटौती के निर्धारित समय पर सीधे खातों में ऑनलाईन भूगतान करने को कहा गया है उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को विभागीय एडवाइजरी के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं

उन्होंने बताया कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी और लॉकडाउन के दौरान किसानों को सम्बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है

टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जुलाई में होगी

इधर राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्माइलप्रोजेक्ट शुरू किया है इसके तहत राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है

पुलिस आर्म्ड बटालियन्स के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीनिवास राव जंगा ने बताया कि सभी आर्म्ड बटालियन्स में नियुक्त चिकित्सकों को विशेष सतर्कता बरतने और सभी जवानों की समय समय पर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं परकोटे में तैनात जवानों की स्क्रीनिंग के साथ ही उनके परिजनों की भी स्क्रीनिंग की गई है

यह सुविधा केन्द्र सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनसेवा केंद्र के माध्यम से मुहैया कारवाई जा रही है

ये समितियां राज्य के गांवों में विलेज वाटर और सेनिटेशन प्लान तैयार करेगी

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है

कई जगह तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित होने और कहीं कहीं नुकसान होने की भी खबर है

उधर बीकानेर में तूफान के बाद आई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली